जिसे आज सुबह उनके परिजनों को सौंपा गया शहीद तिलक राज का का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शहीद को श्रद्वाजंलि अर्पित करने अब से कुछ देर बाद धेवा गांव पहंचेंगे खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर भी इस मौके मौजूद रहेंगे

कार्य सूची के मुताबिक सदन की समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे जाएंगे मुख्य सचिव मुख्य सचिव बी के अग्रवाल ने कल बर्फबारी और वर्षा से प्रभावित जिलों के उपायुक्तयों व अधिकारियों से स्थिति का जायजा लेने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक समीक्षा बैठक की उन्होंने प्रभावित जिलों में सड़क बिजली और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता के संबंध में स्थिति की जानकारी ली मुख्य सचिव ने चंबा मंडी शिमला किन्नौर और कुल्लू के उपायुक्तों को विद्युत और सड़कों को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए मानधन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना देश में शुरू हो गई है

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं जनजातीय जिलों किन्नौर व लाहौल स्पीति सहित कुल्लू व चंबा जिलों की उंची चोटियों पर कल हुए हिमपात से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने पुलवामा आतंकी हमले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है बेटे तिलक की शहादत पर फक लेकिन बदला चाहिए पत्नी और मां बेसुध गोद में बिलख रहा तीन सप्ताह का बेटा

पंजाब केसरी मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है दुश्मन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है जवानों की शहादत पर हिमाचल गमगीन प्रदेश भर में निकली रैलियां पाकिस्तान का पुतला फूंक किया विरोध आपका फैसला के अनुसार सदन में शहीद सैनिकों को श्रद्वाजलि देकर कार्यवाही स्थगित हिमाचल दस्तक के शब्द हैं हिमाचल में हाई अलर्ट बार्डर पर चौकसी बढ़ी

पंजाब केसरी के शब्द हैं पाठयकम में शामिल होंगे नशे के दुष्प्रभाव दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है सूबे में खुलेंगे पांच नए नशा उन्मूलन केंद्र

मौसम से जुड़ी खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय गिरता भू जल में प्रदेश में भू जल स्तर के अंधाधुंध दोहन के प्रति चिंता जताते हुए इस मुददे पर संवेदनशीलता से विचार करने की सलाह दी है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय लाइब्रेरी के ज्ञानकक्ष में लिखा है कि सरकार पुस्तकालयों में अपने कैरियर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रहे युवाओं की मांग के अनुरूप पढ़ने की सामग्री उपलब्ध करवाए